श्री मोदी ने कहा कि अटल जी लोकतंत्र को सर्वोच्च मानते थे और उन्होंने विचाधारा को लेकर कभी समझौता नहीं किया आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिक्के के अग्र भाग पर अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वृत्त पर बांयी ओर भारत और दाहिनी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है अशोक स्तंभ के नीचे रूपये का प्रतिक चिन्ह सौ लिखा हुआ है सिक्के के पीछे अटलबिहारी वाजपेयी का चित्र है

इस दौरान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी सूचना का अधिकार सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे आज सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेशभर में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई भोपाल में मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई वहीं राज्यपाल के सचिव डीडी अग्रवाल ने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुशासन दिवस के एक दिन पूर्व आज जिला कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा ने विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी की शपथ दिलाई

अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने मंत्रिपरिषद का विस्ताार किया

इनमें कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के एक मंत्री भी शामिल हैं

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं विदिशा से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई जो बड़जात्या स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के तिलक चौक पर सम्पन्न हुई जिला स्तर पर आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य लीड़ बैंक ऊर्जा विभाग नापतौल वेयर हाउसिंग एलपीजी डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है साथ ही साथ उपभोक्तागण ठगी से कैसे बचें पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई है वहीं आगरमालवा में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को उनके हितों से सम्बंधित जानकारी दी जा रही है फिल्म महोत्सव खज़्राहों में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का कल समापन हो गया समारोह में केन्द्रीय जनजातीय मंत्री सुदर्शन भगत फिल्म अभिनेता अनूपम खेर और राज्यसभा सांसद अमर सिंह शामिल हुए

केन्द्रीय मंत्री श्री भगत ने फिल्म समारोह को जनजातीय लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिये एक बेहतर मंच बताया

समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि लंबित शिकायतें आज से ही कम होनी चाहिये

श्री यादव का मुरैना से ग्वालियर स्थानांतरण किया गया है

इस हादसे में पांच लोग घायल हो गये

वहीं तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है